मास्क पहनें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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक सोच विकसित करने की जरूरत पर बल दिया है वे आज अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे

इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि सुब्रमण्यम भारती को किसी एक पेशे या आयाम से नहीं जोड़ा जा सकता है वे एक कवि लेखक संपादक पत्रकार समाज सुधारक स्वतंत्रता सेनानी मानवतावादी और बहत कुछ थे उन्होंने कहा कि महाकवि सुब्रमण्य भारती के सबसे महत्वपूर्ण दृष्टांतों में से एक महिला सशक्तिकरण था और सरकार इस दृष्टि से प्रेरित है और महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रही है प्रधानमंत्री ने बताया कि सुब्रमण्यम भारती ने लिखा है कि महिलाओं को अपने सिर को ऊंचा कर चलना चाहिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि दुमका के मलूटी स्थित ऐतिहासिक मंदिरों के संरक्षण और संवर्द्वन के लिए राज्य सरकार शीघ्र कदम उठायेगी इसको लेकर उनकी सरकार गंभीर है वे आज मुख्यमंत्री आवास में डॉ सोमनाथ आर्य से मुलाकात के दौरान बोल रहे थे इस दौरान डॉ आर्य ने मुख्यमंत्री को ऐतिहासिक मलूटी मंदिरों का टेराकोटा मॉडल प्रदान किया डॉ आर्य ने मुख्यमंत्री श्री सोरेन को बताया कि देखभाल और संरक्षण के अभाव में मलूटी के ऐतिहासिक मंदिर जर्जर हो गये हैं

उन्होंने कहा कि मंदिरों के इस ऐतिहासिक जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की काफी संभावनाएं हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से इस दिशा में पहल करने का आग्रह किया रामगढ़ जिला समाहरणालय में आज ई ऑफिस प्रणाली को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ कार्यक्रम के दौरान जिले के सभी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली शुरू करने पर चर्चा की गयी मौके पर मुख्य प्रशिक्षक राकेश कुमार ने ई ऑफिस प्रणाली की जानकारी दी और विभाग के कार्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सरल बनाने के तरीका बताया ई ऑफिस प्रणाली की बड़ी विशेषता यह है यह प्री तरह पेपरलेस होगा प्रशिक्षण के दौरान कार्यपालक दंडाधिकारी विशाल कुमार समेत जिले के कई पदाधिकारी मौजूद थे राजद सुप्रीमो सह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी जमानत मामले में बचाव और सीबीआई दोनों पक्षों की ओर से समय की मांग की गई है लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि लालू यादव की सजा अवधी और अन्य चीजों पर जवाबें दिए जाने के लिए अदालत से समय मांगा गया है वहीं सीबीआई के वकील ने भी निजी कारणों का हवाला देते हुए अदालत से समय मांगा जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया इससे पूर्व भी दमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू की जमानत याचिका पर दो बार सुनवाई टाली जा चुकी है साहेबगंज जिले में अवैध खनन के खिलाफ जिला टास्क फोर्स ने जांच अभियान चलाकर अवैध रूप से संचालित कई कशरों और खदानों के खिलाफ कार्रवाई की है

उन्हॉने कहा है कि पूरे मामले की जांच करायी जायेगी हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिले के सिमरिया रेफरल अस्पताल में लाखो रूपये मूल्य की जीवन रक्षक दवाइयां वितरण के अभाव और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण खराब हो गयीं ये दवाईयां बड़ी मात्रा में अस्पताल के एक जर्जर कमरे में रखी गयी थीं

इस मामले में स्थानीय समाजसेवी आलोक रंजन बताते हैं कि अस्पताल प्रबंधन इस ओर कभी ध्यान नहीं देता जिसके कारण गरीब व असहाय मरीजों को परेशानी होती है केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चतरा लोकसभा के आठ लोगों को डिस्ट्रिक डेवलपमेंट कॉर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी दिशा का सदस्य मनोनीत किया है इस कमेटी में चतरा के पूर्व विधायक जनार्दन पासवान भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रजनीकांत सिन्हा और भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष बिरजू तिवारी तथा मीनू मीता शामिल हैं इसके अलावा चतरा संसदीय क्षेत्र के लातेहार जिला से अमितनाथ शाहदेव हरेकृष्ण सिंह शीला देवी और गिरधारी यादव भी शामिल हैं इनका मनोनयन चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह की अनुशंसा पर किया गया है इन सदस्यों के मनोनयन की जानकारी केन्दीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सांसद को पत्र के माध्यम से भेज दिया है इन सदस्यों का मनोनयन गैर सरकारी सदस्यों के रूप में किया गया है इन सदस्यों पर जिला प्रशासन की दिशा की बैठकों में विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के आह्वान पर शुक्रवार को राज्यभर के लगभग तेरह हजार चिकित्सकों ने आयुष चिकित्सकों को सरकार द्वारा सर्जरी की अनुमति देने का विरोध किया

पलामू जिले के निजी अस्पतालों में ताले लटके रहे वहीं मेदिनीनगर सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद रहीं हालांकि यहां इमरजेंसी सेवा चालू थी झासा के जिला सचिव डॉ अनवर निजाम ने कहा कि वे किसी चिकित्सा का विरोध नहीं करते लेंकिन जिस तरह से सरकार ने आयुष चिकित्सकों के आधुनिक सर्जरी की अनुमति दी है उससे मरीजों को न्कसान होगा झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद को विस्थापितों की समस्या के समाधान के लिए गठित विस्थापन निवारण समिति में सह संयोजक मनोनीत किया है इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने विश्वास व्यक्त किया कि अंबा प्रसाद विस्थापितों की समस्याओं का समाधान तथा उन्हें न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी वहीं अंबा प्रसाद ने कहा कि झारखंड के विस्थापितों की समस्याओं समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगी विधायक अंबा प्रसाद को सह संयोजक मनोनीत किये जाने पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें बधाई दी है हाजरीबाग जिले के जिला संसाधन केंद्र में दृष्टिबाधित और दिव्यांग बच्चों को लैपटॉप मोबाइल आदि देकर उन्हें पढ़ाई से जोड़ने का काम किया जा रहा है ऐसे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई भी कर रहे हैं और खुद को समर्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशिक्षक दीपक कुमार शर्मा कहते हैं कि ये बच्चे समाज की मुख्यधारा में शामिल हों इसका ध्यान रखा जा रहा है

आवासन और शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों और राज्यों के अधिकारियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिजनों से संबंधित सामाजिक आर्थिक जानकारी एकत्र करने वाले कार्यक्रम का शुभारंभ किया इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रत्येक लाभार्थी और उसके परिवार के सदस्यों का ब्यौरा तैयार किया जायेगा

लाभार्थियों का विवरण तैयार करते समय पात्र लाभार्थियों की पहचान की जाएगी और उन्हें चुनी हुई केंद्रीय योजनाओं और सुविधाओं का फायदा पहंचाया जाएगा पलामू की निगरानी टीम ने मनिका थाना में पदस्थापित पुलिस इंस्पेक्टर नरेश कुमार को आज सात हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफतार किया इंस्पेक्टर मारपीट के एक मामले में कार्रवाई के लिए एक पक्ष से रिश्वत मांग रहे थे मनिका में मारपीट के बाद थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी मामले की जांच इंस्पेक्टर नरेश कुमार कर रहे थे जब इंस्पेक्टर रिश्वत लेने पर अड़े रहे तो लक्ष्मण सिंह ने मामले की शिकायत पलामू निगरानी की टीम से कर दी जिसके बाद यह कार्रवाई की गयी द्मका में पिछले मंगलवार को एक आदिवासी महिला के साथ हए सामूहिक द्ष्कर्म मामले में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त मंगल मोहली को उसके घर से गिरफ्तार किया है

जिले के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने आज संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन किया गया है

चतरा जिले के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी मुमताज अंसारी ने चतरा बीडीओ और जिला शिक्षा अधिकारी को कोरोना महामारी र्क दौरान नाजरेथ विद्या निकेतन स्कूल खोले जाने के मामले की जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है उन्होंने बताया कि जांच में मामला सत्य पाये जाने पर महामारी अधिनियम के सख्त प्रावधानों के तहत विद्यालय खोलने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवाय परिवर्तन की वर्तमान स्थिति पिछले एक सौ वर्ष से पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभावों का नतीजा है वे पेंरिस समझौते के पांच साल पूरे होने के सिलसिले में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का हाथ रहा है

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि जलवाय परिवर्तन के लिए भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता उन्होंने कहा कि भारत उत्सर्जन की तीव्रता में कमी लाने के प्रति वचनबद्ध है पर्यावरण मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल है जो पेरिस समझौते का पालन कर रहे हैं सरकार ने उस दावे को खारिज कर दिया है कि भारतीय रेलवे का पूरी तरह से निजीकरण किया जायेगा और वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पास तथा छूट जैसी सुविधाएं समाप्त कर दी जायेंगी

दोनों हरिहरगंज से एक शादी समारोह से घर लौट रहे थे

घटना के बाद सडक जाम कर दिया गया